गृहमंत्री ने छत्तीसगढ में माओवादी हमले के बाद मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की झारखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है राज्य में पांच हजार दो सौ चौवालीस सक्रिय केस हो गए हैं धनबाद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है

इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

श्री शाह ने छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बस्तर के मंडल मुख्यालय में जगदलपुर पुलिस लाइन में सुरक्षा बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी

राज्य में कल सात सौ अठासी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में एक दिन में सबसे अधिक संख्या में कल कोरोना से आठ मरीज की मौत हुई हैं मृतकों में रांची से पांच बोकारो से एक और धनबाद से दो मरीज शामिल हैं जबकि कोरोना से एक सौ उनचास मरीज ठीक हए हैं

इनमें पांच हजार दो सौ चौवालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बीस हजार आठ सौ बहत्तर मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार एक सौ तीस मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत है

इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर विशेष कैम्प लगाकर कोविड टेस्टिंग की जा रही है कल सेल सिटी और मेकॉन टाऊनशिप में विशेष कैम्प लगाकर कोविड टेस्टिंग की गई इन इलाकों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ही एहतियात के तौर पर टेस्टिंग करवाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके

खादगढ़ा आईटीआई बस स्टैंड रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में लगातार कोविड टेस्टिंग की जा रही है

इस संबंध में उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट रामनिवास यादव ने आज बताया कि संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सुरक्षा के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश निर्गत किए हैं

इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है मालूम हो कि इससे पहले बीते शनिवार को भी चार इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया जा चुका है सभी संबंधित इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अपर समाहर्ता सह धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सीईओ श्याम नारायण राम ने पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटोनमेंट जोन एवं बफर जोन बनाने एवं तत्काल प्रभाव से इन इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ़यू लगाने को कहा है

सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों को आसान बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है अध्यादेश में कहा गया है कि इन उद्यमों की अनुठी प्रकृति और सरल कॉर्पोरेट ढांचे के कारण इनके दिवालिया संबंधी प्रावधानों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था

कोडरमा पुलिस ने तकरीबन दो लाख रुपए के प्रतिबंधित पान मसाला के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं

इस मामले में गुटखा व्यवसायी रणजीत वर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने बताया कि बरामद किए गए पान मसाला की कीमत तकरीबन दो लाख रुपए है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है हजारीबाग और पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग मास्क जरूर लगाये और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन भी करें

श्री चौधरी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय है टेस्टिंग का काम तेजी से हो रहा है

दोनों टंडवा डीएवी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र थे परिजनों ने दोनों की गुमशुदगी की जानकारी थाना में भी दी थी सिमडेगा जिले में धान के उठाव की जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग की अवर सचिव ने जिले का दौरा कर ली

इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम को कुशल प्रशासक श्रेष्ठ राजनयिक एवं स्पष्टवादी नेता बताया वक्ताओं ने कहा कि बाबू जगजीवन राम महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे उन्होंने दलितों और पीड़ितों के संघर्ष को नया आयाम दिया लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन विमरला की एक संयुक्त बैठक बिजली ऑफिस के समीप कवलजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सभी ट्रक मालिकों ने एक स्वर से कहा हिंडाल्को कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है

इसक साथ ही कंपनी ने ट्रक बंद करने के पूर्व एसोसिएशन को सुचना नहीं दी थी

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्च्अल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में छात्रों को परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में मदद करना चाहते हैं संक्षिप्त समाचार गढ़वा जिले के बड़गड़ ओपी क्षेत्र अंतर्गत परसवार गांव में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी जानकारी के अनुसार युवक ने विवाद होने पर डंडे से अपनी मां के सिर पर प्रहार किया था घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है हजारीबाग पुलिस के कई जिलों के कुख्यात अपराधी भोला मेहता उर्फ जगदीश महतो को उसके घर मांगुरा इचाक से गिरफ्तार किया है

पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि भोला मेहता पर हजारीबाग के अलावा मेदिनीनगर और चतरा के गिद्धौर थाना में भी कांड दर्ज है खूंटी जिले के रनियां में हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया